छत्तीसगढ़ का पहला आधार सेवा केन्द्र रायपुर के पंडरी में शुरू हुआ

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को अगस्त से मुआवजा नहीं दिया गया है और केन्द्र राज्यों के प्रति जीएसटी मुआवजे की प्रतिबद्वता पूरी करेगा वित्त मंत्री ने कल राज्यसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही केन्द्र प्याज केंद्र सरकार बारह हजार छह सौ साठ टन अतिरिक्त प्याज का आयात करेगी यह प्याज सत्ताईस दिसम्बर से भारत पहुंचना शुरू हो जाएगी अब तक लगभग तीस हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध हो चुका है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एमएमटीसी को अतिरिक्त पन्द्रह हजार टन प्याज के आयात की निविदाएं जारी करने का भी निर्देश दिया है नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन गया है आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है विधेयक राज्यसभा में ब्धवार को और लोकसभा में सोमवार को पारित किया गया था यह कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत आए हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और इसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है यह संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनरलाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है यह कानून किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता है और न ही किसी का अधिकार छीनता है नागरिकता संशोधन विधेयक दुर्ग नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में खुशी की लहर है दुर्ग जिले में रह रहे कई शरणार्थियों ने इस बिल के पास होने पर मिठाई बांट कर स्थानीय लोगों के साथ अपनी खुशी जाहिर की बीस साल पहले पाकिस्तान से भारत आए और दुर्ग में निवास कर रहे शरणार्थी धरमून ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस बिल के पास होने से उन्हें बार बार वीजा की अवधि नहीं बढ़ानी पड़ेगी साथ ही वे अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे

वहीं मतदाताओं से पन्द्रह जनवरी तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकते हैं दावा आपत्ति का निराकरण सत्ताईस जनवरी तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात जनवरी दो हजार बीस को कर दिया जाएगा ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी दो हजार बीस को अट्ठारह वर्ष पूरी हो जाएगी उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म छह भरकर आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ जमा करना होगा मतदाता सूची में नाम उपनाम आय लिंग जन्मतिथि फोटो या अन्य प्रकार की त्रटि को सुधारने के लिए फॉर्म आठ भरना होगा वहीं मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए फॉर्म सात भरा जाएगा

पहला समझौता ज्ञापन बीएसपी और आईआईटी भिलाई के बीच उद्योग आकादमी सहयोग के लिए किया गया है वहीं दूसरा समझौता ज्ञापन बस्तर क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को सीखने विकास और प्रगति के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है निर्वाचन आयोग मतपत्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के पहले लोगों को मतपत्र के जरिए मतपेटी में वोट डालने की प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं साथ ही आयोग ने मतपेटी और मतपत्र से मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन करने को भी कहा है इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स एनसीसी एनएसएस और स्काउट गाइड की भी मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं आयोग ने मतपेटी के प्रदर्शन की सूचना प्रदर्शन स्थल पर लगाने के लिए भी कहा है आयोग ने कलेक्टरों को उन्नीस दिसम्बर को शाम पांच बजे तक आम लोगों के लिए इसकी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि वर्ष दो हजार चौदह के नगरीय निकाय और वर्ष दो हजार अट्ठारह के विधानसभा तथा वर्ष दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से वोट डाले गए थे इसलिए मतपत्र और मतपेटी से मतदान की प्रक्रिया से अवगत हो सकें इसलिए इसके प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं आधार केन्द्र छत्तीसगढ़ का पहला आधार सेवा केन्द्र रायपुर के पंडरी में शुरू हो गया है इस केन्द्र को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा संचालित किया जा रहा है इस केन्द्र में प्रतिदिन एक हजार नये पंजीकरण और प्राने आधारों को अपडेट किया जा सकेगा आधार पंजीकरण और पांच वर्ष से पन्द्रह वर्ष की आयु तक के लिए अपडेशन निःशुल्क है वहीं अन्य सभी प्रकार के सुधार के लिए पचास रूपए शुल्क लिया जाएगा आधार सेवा केन्द्र में ऑनलाइन के जरिए अपॉइंटमेंट की सुविधा भी मिलेगी आधार सेवा केन्द्र की कार्य अवधि प्रतिदिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक रहेगी यह शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा गौरतलब है कि इस सेवा केन्द्र में आधार पंजीकरण के अलावा आधार में नाम पता लिंग जन्म तिथि मोबाइल नंबर ई मेल फोटो उंगलियों की पहचान और आंखों की पुतलियों का अपडेशन भी कराया जा सकता है

भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धान का मूल्य पच्चीस सौ रूपए देने और एक किसान को पांच टोकन देने की मांग को लेकर शहर के बरोड़ा बाजार में प्रदर्शन किया वहीं बागबाहरा ब्लॉक के कसेकेरा धान खरीदी केन्द्र में व्यवस्था को सही करने की मांग को लेकर किसानों ने व्यवस्थापक का घेराव किया धान आग जशपुर जिले में धान के ढेर में आग लगने से सत्रह किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई मिली जानकारी के अनुसार जिले के बरगांव में कई किसानों ने मिसाई के लिए धान खलिहान में रखा था इस दौरान अचानक ढेर में आग लगने से धान जलकर नष्ट हो गया

इधर बेमेतरा जिले के चरगवां गांव में खेत में रखे धान के ढेर में आग लगने से करीब चौव्वन एकड़ की फसल जलकर नष्ट हो गई नाट्य स्पर्धा हबीब तनवीर नाट्य स्पर्धा कल चौदह दिसंबर से राजधानी रायपुर में शुरू हो रही है इस दौरान बारह नाटकों का मंचन किया जाएगा छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल ऑर्ट सोसायटी की ओर से शहर के साईस सेंटर के पास नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा नाट्य स्पर्धा को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है

नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर सहित सभी निगम कमिश्नरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी कर लाईट जलाने का समय आधा घंटा बढ़ा दिया है नये आदेश के अनुसार अब स्ट्रीट लाईट शाम साढ़े पांच बजे से सुबह छह बजे तक चालू रहेंगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी पांच जनवरी को दो पालियों में इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी

केंद्रीय विशेष सचिव सिद्धांत दास चौदह से सोलह दिसंबर तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं इस अवधि के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि घोषित किया है नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर पालिक निगम रायपुर और बीरगांव के मतदान दलों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण रायपुर में कल चौदह और पन्द्रह दिसम्बर को दो पालियों में दिया जाएगा निर्वाचन आयोग ने रायपुर नगर पालिक निगम के चुनाव में पार्षद पद के छह प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा बेमेतरा जिले के केशडबरी गांव में ट्रक और हार्वेस्टर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई

कबीरधाम जिले के चिल्फीघाटी में चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई